कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें मुरव्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने राज्य में होम आईसोलेशन में रह रहे मरीजों की स्वास्थ्य मापदंडों के साथ नियमित निगरानी करने और नये मरीजों का पता लगाने के लिए परीक्षण संख्या बढ़ाने पर जोर दिया हैं

इसलिए होम आईसोलेशन तंत्र को सुदृढ़ करना जरूरी है उन्होंने कहा कि पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी होम आईसोलेशन के तहत रहने वाले मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखनी चाहिए जयराम ठाकुर ने कालाअंब और पांवटा साहिब के उद्योगपतियों को अपने उद्योगों में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया और दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने को भी कहा

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार लोगों को जागरूक करने का भरसक प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि मौजूदा कोरोना संक्रमण बहुत तेज गति से फैल रहा है इसलिए हर व्यक्ति को अधिक सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लॉकडाउन के पक्ष में नही है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और जनता के बीच भी तनाव पैदा होता है उन्होंने लोगों को इस महामारी से लड़ने में राज्य सरकार की मदद के लिए आगे आने का अनुरोध किया मुख्य सचिव मुख्य सचिव अनिल खाची ने राज्य में सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए कृषि और बागवानी विभागों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं मुख्य सचिव आज राज्य में सूखे जैसी स्थिति की संभावना से निपटने के लिए उपायुक्तों से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में पेयजल आपूर्ति सामान्य है लेकिन इस वर्ष कम वर्षा होने को कारण कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है उन्होंने कहा कि मौसम की परिस्थितियों पर नजर रखने को लिए समूहों का गठन किया जाए मुख्य सचिव ने हैंडपंपों की मुरम्मत करने और निजी जल स्रोतों के उचित रख रखाव के निर्देश दिए उन्होंने वन विभाग को निर्देश दिए कि ऐसे क्षेत्रों की सूची तैयार की जाए जहां जंगलों में आग लगने की अधिक संभावना रहती है उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में पशु चारे की कोई कमी नही है विपिन परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि जयराम सरकार आम आदमी की सरकार है और तमाम मूलभूत सुविधाएं गांव तक उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है परमार आज सुलह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चौकी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के लोकार्पण और पनियाली कलूणा सड़क के भूमि पूजन के मौके पर बोल रहे थे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वह सुलह क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और हर क्षेत्र में समान विकास किया जा रहा है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज आईजीएमसी शिमला में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक ली राज्यपाल ने इस मौके पर लोगों से कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने की अपील की

राज्यपाल ने लोगों से हाथ धोने फेस मास्क पहनने और उचित दूरी रखने जैसे निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की भी अपील की मारकंडा जनजातीय विकास व तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल घाटी की शकोली और मडग्रां पंचायतों का दौरा किया तथा जन समस्याएं सुनी मारकंडा ने इस दौरान अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया तथा शेष समस्याओं के शीघ्र हल के अधिकारियों को निर्देश दिए मौसम हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोम के प्रभाव से प्रदेश में बीती रात और आज अधिकांश स्थानों पर वर्षा हुई जबकि अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर बर्फवारी की भी सूचना है

ताजा वर्षा और बर्फवारी से प्रदेश वासियों को पिछले कई हफ्तों से चल रहे सूखे से हल्की राहत मिली है हालांकि ये वर्षा प्रदेश में संभावित सूखे से बचने के लिए काफी नहीं है मौसम विभाग ने आज राज्य के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा होने और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फवारी की संभावना जताई है

अग्निहोत्री ने आज एक बयान में कहा कि प्रदेश में हजारों गाड़ियों का फर्जी पंजीकरण हुआ है जिससे प्रदेश को बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान हुआ है उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है अग्निहोत्री ने कहा कि बाहरी राज्यों के लोगों ने करोड़ों की गाड़ियों का हिमाचल में कैसे पंजीकरण करवाया ये जांच का विषय है अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस नेताओं को दी जा रही कथित धमकियों पर भी आपत्ति जताई और कहा कि यदि सरकार के पास कुछ है तो वह साढ़े तीन साल तक क्या करती रही

इस बीच फिर से हो रही बर्फवारी के चलते बारालाचा दर्रा फिर से यातायात के लिए बंद हो गया है लाहौल स्पीति पुलिस अधीक्षक मानव वर्मा ने बताया कि मौसम अनुकूल होने के बाद ही वाहनों को बारालाचा दर्रे की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी राठौर प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर कांग्रेस नेताओं पर आधारहीन आरोप लगाने और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है राठौर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री विपक्ष पर आरोप लगाने के बजाय सरकार की कार्यप्रणाली सुधारने का प्रयास करें उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नगर निगम चुनावों में भाजपा की हार से बौखलाये हुए हैं और अपनी खीज मिटाने के लिए आरोप लगा रहे हैं राठौर ने प्रदेश में खराब होती कोरोना की स्थिति पर विचार करने के लिए सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की सुरेश कश्यप दूसरी ओर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और अन्य नेताओं पर बौखलाहट में आकर बयानबाजी करने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि पालमपुर और सोलन नगर निगम में जीत कर कांग्रेस नेताओं को लग रहा है कि उन्होंने प्रदेश में राजनीतिक बदलाव कर दिया है लेकिन उनकी गलतफहमी जल्द ही दूर हो जाएगी सुरेश कश्यप ने दावा किया कि कांग्रेस को फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव और मंडी लोकसभा उपचुनाव में कड़ी हार का सामना करना पड़ेगा